प्रदेश में कोरोना के नये मरीजों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी रिकवरी रेट बढ़ कर हुई पच्चासी दशमलव तीन चार प्रतिशत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कृषि उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत छह बड़ी परियोजनाओं का कल शुभारभ करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश में आजाद हों उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच झूठ फैलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी तेकिन यह आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया इसलिए इन्हें परेशानी है प्रधानमंत्री ने दोहराया कि बिचौलियों के खत्म होने के कारण काले धन की कमाई बंद होने की आशंका विपक्षी दलों को परेशान कर रही है उन्होंने कहा कि तीन नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना है

इन संयंत्रों से गंगा नदी की स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा

यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नमामि गंगे मिशन को केवल गंगा को निर्मल बनाने तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इसे देश में सबसे बड़ा व्यापक नदी संरक्षण कार्यक्रम बना दिया हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया है आज इस चौतरफा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है श्री मोदी ने कहा कि गंदे पानी को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे मल जल उपचार संयंत्र बनाए गए हैं जो अगले दस से पन्द्रह वर्ष की जरूरतें पूरी कर सकते है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गंगा नदी के तट पर जैविक खेती गलियारा विकसित कर रही हैं

उन्होंने चोरपानी में पचास लाख लीटर क्षमता के संयंत्र तथा बद्रीनाथ में भी दो छोटे संयंत्रों का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय देश में प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के मिशन में लगा है जल जीवन मिशन के तहत रोजाना करीब एक लाख परिवारों को पेयजल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है केवल पिछले एक वर्ष में ही दो करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने राष्ट्र को जल समृद्व बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा की सात सीटों पर होने वाले उप निर्वाचन की घोषणा कर दी है तीन नवम्बर को मतदान कराया जायेगा जिन सीटों पर चुनाव होना है वे है अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात बुलन्दशहर जनपद की बुलन्दशहर फिरोजाबाद की टूंडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मलहन सीट इनमें से टूंडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना नौ अक्टूबर को जारी की जायेगी और सोलह अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी सत्रह अक्टूबर को पर्चो की जांच होगी और उन्नीस अक्टूबर तक पर्चे वापस लिये जा सकेंगे कार्यक्रम के अनुसार तीन नवम्बर को सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जायेगा और दस नवम्बर को मतगणना होगी आयोग के अनुसार बारह नवम्बर से पहले निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है निर्वाचन की घोषणा होते ही संबंधित जनपदों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्द है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने हाईरिस्क ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने के आदेश दिये उन्होंने कहा कि सर्विलास सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाया जाये लखनऊ और कानपुर जनपदों में विशेष ध्यान देते हुए रिकवरी दर को और बेहतर बनाया जाये मुख्यमंत्री ने ई संजीवनी ऐप का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के लिये कहा उन्होंने कहा कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से लोग घर पर रह कर चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि उपज मंडी समितियां काम कर रही हैं और किसान मंडियों में अपनी उपज बेच रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उपज बेचने में असमर्थ होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने कई तरह के अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहले ही घोषणा कर दी है उन्होंने आशा प्रकट की कि पंजाब और हरियाणा के सभी किसान मंडियों में जाएंगे और अपनी उपज बेचेंगे एमपीएमसी शुरू हो गई और एमएसपी ऑलरेडी घोषित है एमएसपी की दरों पर तुरंत खरीद भी ताबड़ तोड़ शुरू हो गई किसान अपना माल बेच रहे है पैड़ी धान मुझे पूरा विश्वास है जो मंडी में जाकर एपीएमसी में माल बेचते है वो पंजाब हरियाणा के सभी किसान माल बेचेंगे और उनकी खरीद होगी

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि नये मरीजों की संख्या में कमी आने और ज्यादा लोगों के स्वस्थ होने के चलते सक्रिय रोगियों की संख्या लगातार गिर रही है

राज्य में मृत्युदर में भी कमी आई है और अब तक पांच हजार सात सौ पन्द्रह रोगियों की कोरोना से मौत हुई है

पिछले छत्तीस घंटों के दौरान करीब पचासी हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं

उन्होंने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि धारा एक सौ अट्ठासी के अन्तर्गत दो लाख इकतीस हजार निंयानवे एफआईआर दर्ज करते हुए चार लाख छत्तीस हजार से अधिक लोगों को नामजद किया गया है वाहनों की चेकिंग में चौहत्तर हजार छह सौ नवासी वाहन सीज किये गये